मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो स्कूल ऐसे विद्यार्थी का नाम नहीं काट सकता अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्कूल शिक्षा उच्च और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विषयों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस और अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालने भी प्रभावित नहीं हो उन्होंने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित दो हजार ग्यारह मरीज ठीक हो चुके है

इस बीच चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानि आईसीएमआर ने जयपुर के बाद अब जोधपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज को कर्कारोना संक्रमित और गंभीर मरीजों का ईलाज प्लाजा थैरेपी से करने के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है अब प्रदेश के दो सरकारी और एक निजी चिकित्सा संस्थान में इस थैरेपी से ईलाज किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ लॉक डाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पेयजल के कार्यो और मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तार से समीक्षा करें

आईसीएमआर ने पूरे देश में रोजाना एक लाख किट परीक्षण करने का लक्ष्य रखा हैं इस कार्य के लिए एक लाख छप्पन हजार डाकघरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक ने एक मजबूत कोविड योद्वा के रूप में प्रदर्शन के लिए तैयारी कर ली है

सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की बची हई परीक्षाओं का आयोजन एक से पन्द्रह जुलाई के बीच किया जाएगा

उन्होंने आने वाली परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं इधर प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की बाकी परीक्षाएं सीबीएसई के निर्णय के अनुरूप करने का फैसला किया गया है रेल मंत्रालय ने कहा है कि लोग किसी भी गतिविधि के लिए रेलवे ट्रेक का उपयोग न करें यह जानलेवा साबित हो सकता है

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों किसानों खेतिहर मजदूरों पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य शुरू किए जाएं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण लगाये गये लॉकडाउन से वायु गुणवत्ता की स्थिति संतोषजनक हुई हैं और मोडिफाइड लॉकडाउन की अवधि में अजमेर अलवर कोटा और पाली जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार आया है

वहीं पश्चिमी विक्षोभ के संक्रिय होने से आज से अगले तीन दिन कहीं कहीं आंधी और बारिश भी हो सकती है